इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है अगले दिन इसकी जांच की जायेगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

मनरेगा की दरों का पुनरीक्षण हर साल होता है

पुनरीक्षण के समय महँगाई और अन्य स्थानीय कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है स्वीप गतिविधिया लोकसभा चुनावों में प्रदेष में अधिक से अधिक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस कडी में होशंगाबाद जिले में प्रशासन ने महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विकासखंड स्तरीय महिला किकेट मैच आयोजित किये जा रहे है जिले के सिवनी मालवा में कल इसके तहत पहला मैच आयोजित किया गया जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम विजयी रही

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएसरावत ने बताया कि महिला मतदाताओं को वोट का महत्व बताने के लिये यह आयोजन किया जा रहा है नीमच जिले में आज से मतदाता जागरूकता बैडमिटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी संस्कृति का प्रतीक है सागर विश्वविद्यालय इस दिशा में संरक्षण का कार्य कर रहा है कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति प्रोफेसर बलवन्त राय जानी ने की

वहीं पन्ना जिले में पेय जल संबंधी शिकायते प्राप्त करने और हैडपंप संबंधी खराबी के लिये विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है

इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी